भाजपा ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे नए दशक के नए भारत की रचना का संकल्प पत्र बताया वहीं कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ढोस प्रस्ताव नहीं है

वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्दता व्यक्त की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट का उद्देश्य लोगों की आय और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना है पानी के संकट वाले जिलों के लिए व्यापक उपायों का प्रावधान किया गया है कृषि ऋण का लक्ष्य पंद्रह लाख करोड़ रूपये रखा गया है बीस लाख किसानों को अपना सोलर पंप लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें बंजर भूमि पर सौर इकाई लगाने तथा बिजली ग्रिडों को विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएगी ग्रामीण युवाओं के रोजगार के लिए मत्स्य क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा श्रीमती सीतारामण ने कहा कि खराब होने वाले उत्पादों को समय से पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किसान रेल योजना शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि नागरकि उड्डयन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान योजना शुरू करेगा इससे पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों को विशेष मदद मिलेगी वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड की पुनः वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उनहत्तर हजार करोड़ रूपये का प्रस्ताव है वित्त मंत्री ने सस्ती दरों पर दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव किया है उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए निन्यानवे हजार तीन सौ करोड़ रूपये और कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रूपये आवंटित किए जाने की घोषणा की

उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराएंगे शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वाणिज्यिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों को सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा फर्नीचर जूते चप्पल कुछ घरेलू वस्तुओं बिजली उपकरणों और खिलौनों की कीमतें बढ़ेंगी वित्तमंत्री ने अपने भाषण में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कई घोषणाएं करते हुए कहा कि पांच लाख रूपये तक की आय वालों को पहले की तरह कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी करदाता वर्तमान में दी जा रही छूट का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है और पुरानी व्यवस्था के तहत कर भुगतान जारी रख सकता है वित्त मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये किया गया युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है जल जीवन मिशन के तहत हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी वहीं उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री बजट प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस बजट में जिन नए सुधारों की घोषणा की गई है वे अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि इस बजट में विजन भी है और एक्शन भी प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट आय और निवेश को बढ़ाने के साथ ही मांग तथा उपभोग को भी बढ़ावा देगा

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे नए दशक के नए भारत की रचना का संकल्प पत्र बताया है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टैक्स स्लैब में प्रस्तावित बदलाव से करदाताओं को दी जाने वाली राहत को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया उन्होंने कहा कि इससे मध्यमवर्गीय करदाताओं को काफी राहत मिलेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार का यह बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है दूसरी ओर कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बजट में रोजगार और बेरोजगारी का जिक्र ही न होना दुखद है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि किसानों बेरोजगारों युवाओं महिलाओं के साथ ही आमजन के लिए यह बजट निराशाजनक है

कोरोना वायरस के मुख्य केन्द्र वुहान से इस उड़ान में तीन सौ चौबीस भारतीय नागरिक आए हैं यात्रियों में अधिकांश भारतीय विद्यार्थी हैं इनमें चिकित्सक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अर्द्व चिकित्साकर्मी भी आए हैं भारत लाये गये यात्रियों को चौदह दिनों तक मानेसर में बनाये गये दो विशेष केन्द्रों में रखा जाएगा इन केन्द्रों का प्रबंधन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्रबंधित छावला शिविर द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के लिये दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में पचास बिस्तरों वाला एक केन्द्र बनाया गया है केन्द्र सरकार ने वायुजनित रोगों से बचाव के लिए कपड़े और मास्क सहित ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है जो शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग की जा रही हैं कोरोना वायरस के प्रसार के कारण ऐसे उत्पादों की मांग में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में लगभग चौरासी फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह आयुक्त ने यह भी बताया कि तीसरे और अंतिम चरण का मतदान तीन फरवरी को जानकारी दी

इसकी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं इस चरण में सत्ताईस जिलों के तिरपन विकासखंडों की चार हजार दो सौ नवासी ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे इसमें उनतालीस हजार दो सौ इंक्यावन प्रतिनिधि चुने जाएंगे इसके लिए एक लाख आठ हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं वहीं इस चरण में चौबीस हजार नौ सौ बासठ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है माओवाद बैठक छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों में अब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाएगा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में एमएमसी जोन के माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा के दौरान अगले पांच महीने की रणनीति बनाकर ऑपरेशन चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए एमएमसी जोन में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कवर्धा मध्यप्रदेश के बालाघाट मंडला डिंडौरी और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया नागपुर तथा गढ़चिरौली जिलों की सीमाओं में माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की गई श्री अवस्थी ने राजनांदगांव और कवर्धा जिले के पुलिस अधीक्षकों से महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से लगे इलाकों में माओवादी गतिविधियों की जानकारी ली उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक को माओवाद विरोधी अभियान के तहत रणनीति बनाने को कहा यह अभियान आगामी महीनों में आईटीबीपी जिला बल एसटीएफ और सशस्त्र बलों की मदद से चलाया जाएगा जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

यह दौड़ सुबह आठ बजे नेहरू नगर गुरूद्वारा से शुरू होगी दंतेवाड़ा जिले के पातररास कन्या परिसर में अनियमितता की जांच के लिए प्रदेश भाजपा ने विधायकों की एक समिति गठित की है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोटली में माओवादियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी दुर्ग जिले में खैरागढ़ मार्ग पर रसमड़ा चौक के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने में बारह यात्री घायल हो गए